हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा है कि मुख्य मंत्री ने अंबाला रेंज की पांच पुलिस चौंकीयों को पुलिस थानें की मंजूरी दे दी है

साथ ही स्कूल कॉलेजों में शिक्षा के स्तर में सुधार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के साथ हर वर्ग की समस्याओं के स्थाई समाधान पर ध्यान केंद्रित करेगी

यह कार्य आगामी तीन माह के भीतर ही पूरा किया जाएगा राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में पांच हजार पदों पर भर्ती की जाएगी साथ ही ग्रुप डी के रिक्त पदों को भरने के लिए आगामी भर्ती में पिछली बार प्रतीक्षा सूची में रह गए उम्मीदवारों को प्राथिमकता भी मिलेगी उन्होंने रोजगार के साथ साथ सरकारी स्कूल कॉलेजों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की दिशा में काम करने की बात भी कही श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गरीब परिवारों के लिए प्रधानममंत्री जन आरोग्य योजना से समाज के गरीब वर्ग को वार्षिक पांच लाख रुपए के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिली है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के काम करने के तरीके पर लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता ने भरोसा दिखाया है

बहादुरगढ़ से विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लड़े गए लोकसभा चुनाव के नतीजों से साबित हो गया कि अब भाई भंतीजावाद व भ्रष्टाचार की राजनीति समाप्त हो चुकी है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ईंट भट्ठों पर इस्तेमाल जिग जैग प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से आये नतीजों पर प्रसन्नता ज़ाहिर करते हुए का कि इससे ईंट भट्ठों से फैलने वाला प्रदूषण भी नियंत्रित हुआ साथ ही उत्तम गुणवत्ता की ईंटों के उत्पादन में भी बढोतरी हुई है

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला रेंज के पांच पुलिस चोंकियों को पुलिस स्टेशनों में अपग्रेड करने के लिए गृह विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज पलवल के रसूलपुर रोड स्थित पांच करोड़ नवासी लाख रूपए की लागत से भंगूरी रजवाहे को पक्का करवाने के कार्य का शुभारंभ किया राज्य मंत्री ने कहा कि रजवाहे का निर्माण कार्य चार महीने में पूरा कर लिया जाएगा

हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अवलोकन के लिए आयूष मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है

इस वर्ष भी कई छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा मंत्रालय ने केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और अन्य संबंधित संस्थाओं को योग दिवस पर समन्वित रूप में कार्य करने को कहा है योग दिवस की तैयारियों के अंतर्गत गन्नौर की नई अनाज मंडी में कल से ग्यारह जून तक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है

नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि योग भारत की अपनी विरासत है और पूरे विश्व को अच्छा स्वास्थ्य देने का एक उपहार है उन्होंने कहा कि एक स्वास्थय वर्धक जीवन शैली के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस वर्ष बहुत से मीडिया हाउसेज को योग प्रति जागरुकता लाने के वास्ते सम्मानित किया जाएगा

हरियाणा में भिन्न भिन्न द्र्घटनाओं में पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए

घायलों को नागरिक अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद फरीदाबाद के निजी अस्पताल के लिए रैफर कर दिया

डम्पर चालक मौके से फरार हो गया गांव बाता के पूर्व सरपंच ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार में बाता के रहने वाले देवीचरण का परिवार था एक अन्य दुर्घटना में करनाल नैशनल हाईवे पर कर्ण झील के पास ट्रक व वोल्वो बस की टक्कर हो गई जिस वोल्वो बस चालक की मृत्यु हो गई वोल्वो बस मनाली से दिल्ली जा रही थी नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक में वोल्वो बस ने टक्कर मारी जिस कारण बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है

यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा दोषी उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है

केन्द्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया और विधायक श्रीमती लतिका शर्मा ने लोक सभा चुनाव में भाजपा की जीत पर आज कालका और पिंजौर में रोड शो करके मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया इसमें भाजपा पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने भी केन्द्रीय राज्य मंत्री और विधायक का अभिवादन स्वीकार किया